प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन औषधि दिवस पर कहा है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने के लिये काम कर रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कई मंहगी दवाईयों के दामों पर अंक्श लगाया है और अब ये दवाईयां गरीब लोगों को कम दामों पर उपलब्ध करवाई जा रही है प्रधानमंत्री वीडियो काफ्रेसिंग के माध्यम से पांच हजार सथानों के इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस परियोजना से लोगों को रोज़गार भी मिला है

ये योजना दो कार्यक्रमों बाढ़ प्रबंधन और नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्रों के कार्यो को मिलाकर बनाई गई है इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों को संवदेनशील क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण करने में सहयोग देना है इस योजना से उपजाऊ मिट्टी का बचाव किया जा सकेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाई रखी जा सकेगी मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र की सहायता के लिये राज्य और केन्द्र द्वारा लगाए करों से छूट की योजना को भी मंजूरी दे दी है इससे सरकार को वस्त्रों का निर्यात करने में उठायेगये विभिन्न कदमों को प्रा करने में मदद मिलेगी मंत्रिमंडल ने दूसरे विश्व य्दव में भाग लेने वाले सैनिकों आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघ् सेवा कमीशन प्राप्त् अधिकारियों और समय से पहले सेवा म्क्ति पाने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत अंशदायी योजना यानि ईसीएचएस के तहत चिकित्सा स्विधायें देने को मंजूरी दे दी है वित मंत्री अरूण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि ईसीएचएस स्विधाओं के अंतर्गत तैतालिस हजार व्यक्तियों को कैशलैस मेडिकल स्विधा मिलेगी उन्होंने कहा कि विशेष राहत के तहत यदव विधवाओं को इस योजना में शामिल होने के लिये एक बार अंशदान देने से छूट दी जायेगी श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायाणगढ़ शहर के एक करोड़ सैंतालिस लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यो का उदघाटन एवं शिलान्यास किया

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि मंत्रालय दवारा ये प्रस्कार महिला सश्क्तिकरण एवं सामाजिक कल्याण की दिशा में अथक सेवाये निभाने वाली महिलाओं एवं संसथानों को दिया जायेगा

विज ने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से जहां एक ओर जाम से छुटकारा मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर दर्घटनाओं में भी कमी आयेगी

लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा किया उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़क के चार मार्गी का शुरू हो जायेगा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवर पाल ने आज जगाधरी के सिविल अस्पताल मे रक्त भंडारण केन्द्र व डायलसिस सेंटर का उदघाटन् किया इस मौके उन्होंने कहा कि जगाधरी में डायलसिस केन्द्र स्थापित होने से गरीब लोगो अन्सूचित जाति के लोगों व बीपीएल परिवारों के लोगों को ये सुविधा निजी अस्पतालों से काफी सस्ती मिलेगी आज अम्बाला छावनी बोर्ड दवारा भारतीय वाय सेना के जाबाज़ पायलेट अभिनंदन के नाम पर बनाये जा रहे गेट का शिलान्यास आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किया

इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन और पैरा ओलंपियन अर्ज्न अवार्डी अमित सरोहा ने य्वाओ को वोटर कार्ड बनवाने और सभी मतदान करने के लिए प्रेरित किया हरियाणा राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र को मजबुत करने में हर नागरिक की अहम भूमिका होती है आज के यूग में प्रुषों के साथ साथ महिलाओं की भ्मिका को बढ़ाना भी हम सबका साम्हिक कर्तव्य है